प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक निवेशकों का आहवान किया है कि वे भारत में स्टार्ट अप के लिए अनुकूल वातावरण का लाभ उठायें

उन्होंने अगल पांच वर्षों में भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया और कहा कि भारत की स्टार्ट अप कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश करना शुरु कर दिया है बाइट आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टम बन गया है

भारत में वन बिलियन वियर्स डॉलर से ज्यादा वैल्यूएशन वाले विनिकॉम की संख्या बढती जा रही है हमारे कई स्टार्टअप वैश्विक स्तर पर निवेश करने लगे हैं प्रधानमंत्री ने भावी समृद्धि के लिए पांच प्रमुख प्रवृत्तिया को भी उजागर किया ग्लोबल बिजनेस को प्रभावित करने वाले पांच बड़े ट्रेंड के बारे में बात करना चाहूंगा पहला ट्रेंड है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रभाव द्रसरा ग्लोबल ग्रोथ के लिए इन्फ्रास्टेक्चर की इंपोर्टे स तीसरा ह्यूमन रिसोर्स और फ्यूचर ऑफ वर्क में तेजी से हो रहा बदलाव चौथा कंपेशन एंड एनवायरमेंट और पांचवां बिजनेस फ्रेंडली गवर्नन्स प्रधानमंत्री ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए सरकार के विभिन्न उपायों की भी जानकारी दी

संयुक्त राष्ट्र में सुधार की ज़रूरत पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संस्था संघर्ष समाधान के लिए एक वांछित संस्थान के रूप में विकसित नहीं हो पाई है राष्ट्रों को इसके ढांचे में सुधार पर विचार करना चाहिए उन्होंने कहा कि शक्तिशाली देशों ने संयुक्त राष्ट्र को संस्थान की बजाय औजार के रूप में अधिक देखा है भारत और सऊदी अरब ने कार्यनीतिक भागीदारी परिषद स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है दोनों देशों ने आंतकरोधी कार्रवाई में सहयोग बढ़ाने का संकल्प ज़ाहिर किया है दोनों देशों ने सभी प्रकार के आंतकवादी कृत्यों की निंदा की तथा मिसाइल और ड्रोन जैसे हथियारों तक आंतकवादियों की पहुंच रोकने पर बल दिया ताकि वे अन्य देशों के ख़िलाफ़ उनका प्रयोग न कर सकें दोनों देशों ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सहित आपसी हितों पर असर डालने वाले जल मार्गों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को बढ़ावा देने में द्विपक्षीय समझौतों के महत्व को स्वीकार किया द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रक्षा नवीकरणीय ऊर्जा अवैध व्यापार और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने तथा नागर विमानन क्षेत्र सहित बारह समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेश लौटने से पहले कल एक ट्वीट संदेश में सऊदी अरब के शीर्ष नेताओं के साथ अपनी बातचीत को लाभप्रद बताया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समावेशी समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की तर्ज़ पर विश्वविद्यालयों में भी सामाजिक उत्तरदायित्व शुरू करने पर बल दिया है

उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय विविधता में एकता की एक अनूठी मिसाल है राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ने के लिये सीएसआर की तर्ज़ पर यूनिवर्सिटी सोशल रिसपॉन्सेबिलिटी की शुरूआत ज़रूरी है जम्मू कश्मीर यात्रा पर आए यूरोपीय संघ के सांसदों ने कहा है कि वे आतंकवाद को खत्म करने के प्रयासों में भारत का समर्थन करते हैं श्रीनगर में मीडिया को संबोधित करते हुए यूरोपोय संघ के सांसदों ने कहा कि स्थाई शांति और आतंकवाद के सफ़ाये की कोशिशों में वे भारत के साथ हैं

सांसद रिजार्ड जार्नेकी ने कहा कि कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं एक अन्य सदस्य नाथन गिल ने कहा कि यहां के लोग भारत के साथ पूरी तरह एकीकृत होना चाहते हैं शिष्टमंडल के सदस्य ने यात्रा के दौरान बनी अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि कश्मीर के लोग रोज़गार चाहते हैं इन सांसदों ने आतंकवादियों द्वारा कल पश्चिम बंगाल के मज़दूरों की हत्या की निंदा की यूरोपीय संघ के सांसदों ने आत्मीय मेहमान नवाजी के लिए केन्द्र सरकार और स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद किया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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आम नागरिकों की ख्रशहाली के लिये विकास ज़रूरी है और विकास गतिविधियों के लिये जमीन की ज़रूरत होती है किसानों की भूमि को सहमति और सौहार्द से हासिल किया जाना चाहिये श्री योगी आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर गौतमबुद्ध नगर में निर्माणाधीन जेवर अतंर्राष्ट्रीय हवाई अड़डा क्षेत्र के किसानों से संवाद कर रहे थे इस दौरान जेवर के किसानों ने स्थानीय विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को हवाई अड्डे के निर्माण के लिये अपनी जमीन देने संबंधी सहमति पत्र सौंपे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे के लिये भूमि देकर क्षेत्रीय किसानों ने राज्य की विकास प्रक्रिया में ऐतिहासिक योगदान किया है श्री योगी ने कहा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा

गौरतलब है कि नागरिक विमानन मंत्रालय के सैद्वान्तिक अनुमोदन में हवाई अड्डा परियोजना के लिये बिड की आखिरी तारीख तीस अक्टूबर से पहले अस्सी प्रतिशत भूमि राज्य सरकार के पक्ष में अंतरित किये जाने की शर्त शामिल है जबकि आज परियोजना के लिये जरूरी भूमि की अस्सी प्रतिशत से अधिक भूमि राज्य सरकार के पक्ष में स्थानांतरित हो गई है देश भर में कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है

एक भारत श्रेष्ठ भारत श्रृंखला के तहत देश के विभिन्न भागों से राष्ट्रीय एकता और अखण्डता में लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल के यागदान के बारे में बताया जा रहा है

इसका उद्देश्य देश की विविधता में एकता को रेखांकित करना है

इस बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट अयोध्या में प्रदेश सरकार की ओर से भव्य दीपोत्सव का इस वर्ष का आयोजन हुआ देश के कई भागों में अलग तरिके से खेली जाने वाली रामलीला का मंचन इस बार के दीपोत्सव में किया गया असम की माजूली की मुखौटों की मशहूर रामलीला जो अपनी विशिष्ट शैली के लिए कई सम्मान भी बटोर चुकी है इसमें कलाकार मुखौटे पहनकर सजीव अभिनय करते हैं मुखौटों को बांस के फ्रेम पर गोबर और मिट्टी का लेप लगाकर इसे तैयार किया गया

इसके साथ ही केरल और कर्नाटक के रामलीला मंडलियां भी दीपोत्सव में आईं राजस्थान के उदयपुर की रामलीला मंडली भी दीपोत्सव में पहुंची जिसके कालाकारों ने कठपुतली की शैली पर रामलीला का मंचन किया छत्तीसगढ़ की रामलीला मंडली ने भी इस बार के दीपोत्सव भगवान राम के वनवास के प्रसंग का प्रस्तुतीकरण मुखौटा शैली पर किया आकाशवाणी के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी